मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के त्यौहार पर अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश

ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया नहीं लड़ पायेंगे चुनाव और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने और होली के त्यौहार पर रेलगाडी बस या विमान के माध्यम से अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है राज्य में कोविड उन्नीस परिदृश्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में रेलवे स्टेशनों बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों की कोविड जांच सुनिश्चित करने को कहा श्री कुमार ने कहा कि राज्य में कम से कम सत्तर प्रतिशत जांच आरटी पीसीआर पद्धति के माध्यम से की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट चौबीस घंटे के भीतर दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल खुले रहेंगे क्योंकि कोविड उन्नीस के मामलों में हाल में हुई वृद्धि इतनी चिंताजनक नहीं है कि राज्य में स्कूलों को बंद करना पड़े प्रदेश में अब तक अठारह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ छह लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से चौदह लाख अठासी हजार दो सौ नवासी लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी है जबकि तीन लाख इक्यासी हजार छह सौ सत्रह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है देश कोविड वैक्सीन की करीब साढे चार करोड़ खुराक देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल पच्चीस लाख चालीस हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है इन्हें मिलाकर अब तक चार करोड़ छियालीस लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं

वर्तमान में देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या तीन लाख से अधिक है जो अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों का दो दशमलव छह छह प्रतिशत है

समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के पत्र से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है श्री प्रसाद ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध तरीके से धन उगाही का आरोप लगा है जो एक गंभीर मामला है श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र की सड़कों पर आंदोलन करेगी

श्री कुमार ने समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया

उन्होंने तटबंध के मरम्मति कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिये हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में आज लगभग सैंतालीस करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया इस मौके पर कटिहार सदर अस्पताल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सौ बेड के मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण कटिहार समेत नौ जिलों में किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के अभाव को लगातार कम किया जा रहा है और सभी अस्पतालों में बेहतर और अत्याधुनिक सेवाओं से लैस किया जा रहा है

लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं राज्य सरकार ने कहा है कि इकतीस मार्च तक पंचायतों को ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया पर कार्रवाई की जायेगी पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वे मुखिया पंचायत चुनाव नहीं लड़ पायेंगे जो इकतीस मार्च दो हजार बीस तक ऑडिट नहीं करायेंगे है विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि जिन मुखिया ने अब तक ऑडिट नहीं कराया है उनको इकतीस मार्च तक ऑडिट कराने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है इसके तहत सबसे अधिक खर्च जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं इन उम्मीदवारों को एक लाख तक खर्च करने की छुट मिली है मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को चालीस हजार पंचायत समिति सदस्य को तीस हजार ग्राम पंचायत सदस्य और पंच पद के लिए उम्मीदवार को बीस हजार रूपये खर्च करने की छुट दी गयी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी के महीने में तेरह लाख छत्तीस हजार नए अंशधारक जोड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय के भविष्य निधि संगठन के अंतरिम वेतन विवरण में यह जानकारी दी गई है कोविड उन्नीस महामारी के बावजूद संगठन ने चालू वित्त वर्ष में बासठ लाख उनचास हजार अंशधारक शामिल किए

रेलवे होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा ये रेलगाड़ियां दैनिक साप्ताहिक सप्ताह में दो बार और सप्ताह में तीन बार चलेंगी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इक्कीस से इकतीस मार्च के बीच अठारह जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है इधर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि होली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुये रेलवे ने पटना धनबाद और हाजीपुर के रास्ते भी तीन जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलायेगा राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम श्रष्क बना हुआ है कुछ स्थानों पर आकाश में आंशिक रूप से बादल देखे गये मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण गर्मी में वृद्धि हुई है

इस मौके पर पटना स्थित राजभवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया राज्यपाल फागू चौहान ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की बिस्मिल्लाहा खान के जन्म स्थल बक्सर के ड्रमरांव में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहीं प्रदेश के अन्य भागों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे बिहार क्रिकेट लीग के अंतर्गत आज खेले गये एक मुकाबले में भागलपुर बुल्स ने गया ग्लेडियेडर्स को सात विकेट से पराजित कर दिया गया ग्लेडियेडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित बीस ओवर में नौ विकेट खोकर एक सौ तैतालीस रन बनाये भागलपुर बुल्स ने ये लक्ष्य तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया भागलपुर बुल्स के अंकित सिंह को मैन ऑफ दी मैच घोषित किया गया आज मैच के दौरान पूर्व भारतीय खिलाड़ी वैकटेश प्रसाद भी मौजूद थे कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने आज दरभंगा में कहा कि राज्य के कला और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित कर विश्व पटल पर स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है समस्तीपुर जिले के मथुरापुर पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्र में अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी से पांच लाख रुपये लूट लिये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत समस्तीपुर जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत ग्रामीण और शहरी छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था स्काउट एण्ड गाइड बिहार की बैठक आज सासाराम में संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता राज्य संगठन आयुक्त नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अर्द्वनिर्मित हथियार समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं बक्सर में जिलास्तरीय ऋण मेला में चालीस करोड़ उनतीस लाख रूपये का ऋण लाभुकों के बीच वितरित किया गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के त्यौहार पर अन्य राज्यों से लौटने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश

ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया नहीं लड़ पायेंगे चुनाव और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क